इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम जन मानस के जीवन को सरल बनाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा मिशन मोड में सौ दिन के अन्दर समी पुल और पुलियों के जीर्णोद्वार और पुनर्निमाण का कार्य मानक गुणवत्ता के अनुरूप पूरा किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चरण में सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नहर के पटरियों को चिन्हित कर उन्हें आवागमन के लिये तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग सत्तर हजार पुल और पुलिया बनी हुयी हैं इनमें से इक्कीस हजार पांच सौ बयालीस पुल और पुलियों का जीर्णोद्वार तथा तीन हजार पांच सौ आठ पुल और पुलियों का पुनर्निमाण किया जाएगा श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना मध्य गंगा नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा रहा है इन परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश की सिंचाई क्षमता में बड़ी वृद्वि होगी जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होगे किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से किसानों को सिंचाई की नयी पद्वति को अपनाने के लिये जागरूक और प्रेरित किया जाए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज प्रतापगढ़ अयोध्या आगरा जालौन रामपुर मथुरा बलिया के जनप्रतिनिधियों से संवाद भी किया कार्यक्रम को जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने भी सम्बोधित किया देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं पिछले चौबीस घटों में चार लाख बत्तीस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड दस लाख पचासी हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है देश में कोविड से ठीक होने की दर सत्तानबे दशमलव दो पांच है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ग्यारह हजार छः सौ सड़सठ लोगों को इलाज के बाद छट्टी दी गई अब तक एक करोड छह लाख नवासी हजार लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं इधर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण गिरावट की प्रवृत्ति पर है और राज्य में कोविड टीकाकरण को गति मिल रही है इस बीच राज्य में पूरी क्षमता के साथ कोविड का परीक्षण जारी है

टीकाकरण अधिकारी डॉ मनोज शुक्ला ने बताया कि छूटे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल कोरोना की खुराक दी जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्व परंपरा का उल्लेख किया था उनके शब्दों से प्रेरित होकर उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर दो हजार इक्कीस में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं यह वर्चुअल मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक आयोजित होगा

आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गोदावरी ने कहा की काशी में खिलौना उद्योग के हालात प्रबानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बदल रहे हैं वाराणसी में उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक उमेश सिंह ने आकाशवाणी किसको कहा से बताया कि इस मेले से इस क्षेत्र की पारंपरिक कला को संजोने में मदद मिलेगी आज अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वर्ष उन्नीस सौ निन्यानबे में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मात्रभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था भारत में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष दो हजार पन्द्रह से आज के दिन को मात्भाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना